खगड़िया जिले के सलारपुर दियारा के दुधेला बहियार में अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पसराहा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय समारोह के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सरोजा गांव में इस अवसर पर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव और सिमरी बख्तियारपुर की एसडीपीओ मृद्रला कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे अपराधियों से मुठभेड़ में पसराहा थानाध्यक्ष की मौत को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय संजीव कुमार सिंघल ने कहा है खगड़िया और नवगछिया के सीमावर्ती इलाकों मे अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि सीमावर्ती दियारा में अपराधियों के सफाये तक अभियान जारी रहेगा श्री सिंघल ने कहा कि सलारपुर दियारा में सर्च ऑपरेशन के लिये दो क्यूआरटी एसटीएफ की तीन चीता फोर्स और पांच डीएसपी की तैनाती की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिये समाज में कटुता का माहौल बनाया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि विकास के लिए जरूरी है कि समाज में प्रेम और सद्भावना का माहौल रहे उन्होंने कहा कि बिहार की बारह करोड़ की आबादी में से आठ करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है मुख्यमंत्री ने युवाओं से आहवान किया कि वे समाज में गलत और भ्रामक प्रचार कर टकराव की स्थिति पैदा ना करें उन्होंने कहा कि अनुशासन ही देश और समाज के साथ किसी व्यक्ति को महान बनाता है मुख्यमंत्री आज पटना के अधिवेशन भवन में अनुसूचित जातिजनजाति के संकल्प से सामर्थ्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एससी एसटी के प्राने छात्रावासों को नये सिरे से बनाया जा रहा है और स्कूलों के साथ छात्रावासों में शौचालय की बेहतर व्यवस्था की जा रही है इसके साथ ही एससी एसटी को अपना कारोबार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दस लाख रुपये की मदद दी जा रही है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गुजरात के सुरत में बिहार के अमरजीत नामक युवक की मौत सड़क द्र्घटना में हुई थी

उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीयता और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले अल्पेश ठाकोर जैसे नेता पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है श्री मोदी ने आज पटना में अग्रसेन जयंती समारोह को संबोधित करते हुए लोगों से भी सोशल मीडिया के जरिये फैलाई जा रही फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील की है श्री मोदी ने कहा कि गुजरात की घटना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि जमीन विवाद के कारण उनकी हत्या हुई है गौरतलब है कि ब्रजेश मिश्रा को भोजपुर पुलिस ने कल शाहपुर प्रखंड के सोनवर्षा गांव से गिरफ्तार किया था बारह फरवरी दो हजार सोलह को भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की हत्या कर दी गयी थी इससे पहले अठाइस सितंबर को हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की भी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने केन्द्र में सत्तारूढ़ एनडीए का साथ छोड़ने की अटकलों को फिर से खारिज किया है श्री कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है और देशहित में अगले पांच वर्षों के लिए नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उच्च न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ाती रहेगी मुंगेर में एके फोर्टी सेवेन राइफल की बरामदगी मामले में पुलिस ने इमरान इफरान और शमशेर को रिमांड पर लिया है मुंगेर के पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार पांचों तस्कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही न्यायालय में इनसे सघन पूछताछ के लिए याचिका दाखिल की जाएगी जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शन के लिए कटरा आने वाले श्रद्वालुओं के लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड की तिरसठवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीने पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती

उन्होंने कहा कि आयोग ने जाली मतदान की समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए सख्त उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि आयोग ने इस संबंध में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में एक समूह का भी गठन किया है जो फेसबुक और ट्वीटर समेत सभी बड़े सोशल मीडिया समूह की गतिविधियों पर नजर रखेगा बंगलूरू में खेले जा रहे विजय हजारे क्रिकेट ट्राफी के पहले क्वार्टर फाईनल में आज मुम्बई की टीम ने बिहार को नौ विकेटों से पराजित कर दिया टॉस जीत कर पहले गेदबाजी करते हुए मुम्बई की टीम ने बिहार को अठाईस दशमलव दो गेंदों में केवल उन्हत्तर के मामूली स्कोर पर ऑल आउट कर दिया मुम्बई के तुषार देश्यपांडे ने तेईस रन देकर पांच जबकि शम्स मुलानी ने अठारह रन देकर बिहार के तीन खिलाडियों को आऊट किया बिहार की ओर से मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सर्वाधिक अठारह रन बनाए जबकि बबलू कुमार ने सोलह रनों का योगदान किया बिहार का अन्य कोई भी बल्लेबाज मुम्बई के गेंदबाजों के सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाया बाद में मुम्बई की टीम ने बारह दशमलव तीन गेंदों में एक विकेट के नुकसान पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर मैच जीत लिया मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर से अपहृत बच्चे को मोतिहारी के चकिया से बरामद कर लिया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह सफलता पाई है गौरतलब है कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चें के परिजन से तीस लाख रुपये की फिरौती मांगी थी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि फसल अवशेष के संरक्षण पुर्नचक्रण और प्रबंधन विषय पर जल्द ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस संबंध में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को सम्मेलन आयोजन की जिम्मेदारी दी गयी है श्री कुमार ने कहा कि अधिकतर किसान हार्वेस्टर से फसल की कटाई करते हैं जिससे उन क्षेत्रों में फसल के तने का अधिकतर भाग खेतों में ही रह जाता है खरीफ मौसम के बाद आलू और गेहूं जैसी दूसरी फसलें लगाने के लिए किसान इन अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और मिट्टी का पोषक तत्व भी नष्ट हो जाता है उन्होंने किसानों से फसल अवशेषों को खेतों में न जलाकर इसे मिट्टी में ही मिला देने की सलाह दी है नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन पूरे प्रदेश में आज माँ दुर्गा के पांचवे स्वरूप स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर विभिन्न शक्तिपीठों मंदिरों और पंडालों में माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा मंत्रोचार के साथ की जा रही है बड़ी संख्या में भक्तगण माता की आरती कर रहे हैं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि लोग भक्तिभाव से स्कंदमाता की पूजा कर रहे हैं मुंगेर में माँ चंडीकास्थान शक्तिपीठ और विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष आयोजन किये गये हैं दरभंगा जिले में स्थित श्यामा मंदिर मलेच्छ मर्दिनी मंदिर और नवादा भगवती मंदिरों समेत तीन सौ से अधिक पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की आराधना की जा रही है शक्तिपीठों मंदिरों और विभिन्न पंडालों के आस पास कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किये गये हैं राजधानी पटना के जीरोमाइल यातायात थाना के शीतला मंदिर ओवर ब्रिज के पास आज दो मोटर साईकिलों के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसक पुल के पास एक अनियंत्रित ट्रैकटर की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार दो सगी बहनों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए इधर समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के सीवान चौक के पास तेज रफ्तार वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के सद्भावना चौक से पुलिस ने एक वाहन से दस हजार पाउच देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादरपुल के पास पुलिस ने एक वाहन से छत्तीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इधर बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस से प्रलिस ने एक वैन से लगभग एक सौ सैंतीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जबकि बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के कैथहर कला गांव से पुलिस ने एक वाहन से पैंतालिस सौ बोतल शराब जब्त की है भागलपुर जिले में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले दो दिनों में एक सौ ग्यारह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वरीय प्रलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार इन अपराधियों में से तिरपन को जेल भेल दिया गया है खगड़िया जिले के संसारपुर पंचायत में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए